आज नई दिल्ली के संसद परिसर में दो दिवसीय स्वच्छता अभियान शुरू हआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वकीलों और कानूनी व्यवसायियों से कहा है कि वो गरीब लोगों को अमीरों के समान न्याय दिलवाने में उनकी मदद करें प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है बल्कि ये सबसे जीवंत भी है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज जल शक्ति अभियान के तहत गुरुग्राम से प्रदेशव्यापी पौधारोपण अभियान की शुरूआत की

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें दो लाख पौधे ग्रुग्राम में लगेंगे श्री मनोहर लाल ने कहा कि हर बच्चा एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति अभियान का उदेश्य मानसून सीजन में जल संचयन करना है पानी की बचत और बरसाती पानी के संचयन को लेकर चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के तहत आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के लिए कैलेंडर आफ इंवेटस का विमोचन किया इस कैलेंडर के अनुसार जल संचयन को जन ऑदोलन बनाने के लिए जिला में हर सप्ताह कोई न कोई गतिविधि रखी गई है सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि जल मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है इसके लिए हमें अधिक से अधिक पौधरोपण भी करना पड़ेगा और बरसाती पानी का संरक्षण भी करना पड़ेगा

श्री कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल के महत्व को देखते हुए ही जल शक्ति के नाम से अलग से मंत्रालय का गठन किया है इस जल शक्ति मंत्रालय से अंतर्गत ही जल शक्ति अभियान शुरू किया गया हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की चेयरपर्सन कृष्णा गहलावत ने कहा कि आओ हम सभी अपने पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधरोपण करें और जल संरक्षण का संकल्प लें इसके लिए स्वयं से शुरू होकर इस अभियान को आगे बढाएं और भावी पीढियों को बेहतर कल देने का संकल्प लें श्रीमती गहलावत आज सोनीपत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीसवां मील में तरू यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी श्रीमती गहलावत ने कहा कि आज भूजल स्तर तेजी से नीचे जाता जा रहा है देश के जिन जिलों में कभी पीने का पानी अमृत था वह खराब होकर कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता जा रहा है ऐसे में आज सबसे ज्यादा जरूरत है जल संरक्षण की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी महत्व को देखते हुए जल शक्ति अभियान की शुरूआत की है इस अवसर पर उन्होंने जल बचाने का आह्वान भी किया कार्यक्रम में पार्षद नंद किशोर चौहान बीडीपीओ ऋतु सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे आज संसद परिसर में दो दिवसीय स्वच्छता अभियान शुरू किया गया

इसके अलावा कई सांसदों और संसद भवन के कर्मचारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया स्वच्छता अभियान शुरू किए जाने से पहले केन्द्रीय मंत्रियों व सांसदों ने संसद परिसर में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति पर पूष्पांजलि अर्पित की उन्होंने स्वच्छता बनाये रखने के लिए शपथ भी लिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पने इस अवसर पर कहा कि ये सभी सांसदों का प्रण है कि वे सभी गांवों व शहरों में स्वच्छता रखे जाने को सुनिश्चित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की

जैसा अमीरों को उपलब्ध है आज चेन्नई के तमिलनाथू डॉ अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी के विशेष दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि ये प्रजातंत्र में विडंबना ही होगी यदि एक गरीब व्यक्ति को कानून की उतनी ही पहंच न मिले जितनी किसी अमीर को मिल सकती है राष्ट्रपति ने कानून के व्यवसाय से जुडे सभी लोगों न्यायाधीश वकील अदालत के अधिकारी से आहवान किया कि वे मिलकर कानुन की नैतिकता व सर्वोच्चता को बनायें राष्ट्रपति कोविंद ने माना कि समय के साथ जैसे जैसे देश विकसित होता रहा है वैसे ही कानून व्यवस्था भी कई तब्दीलीयों से होकर गुजरता है और अब कानून की पढाई कर रहे विद्यार्थियों को नये नये अवसर मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे राष्ट्रपति ने बल दिया कि उच्च अदालतों के निर्णय याचिकाकर्ताओं को उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि न्यायालय व्यवस्था लोगों के लिए सरल हो सके

लंदन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में धर्म और मीडिया विषय पर बोलते हुए श्री सूर्य प्रकाश ने बताया कि भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक विविध समाज से भरा देश है उन्होंने एक भारतीय पत्रिका के संपादक द्वारा सम्मेलन के दौरान बोले गए शब्दो पर ऐतराज जताया और कहा कि उनके आंकड़े और बातें गलत हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि भारत में स्वतंत्र व जवाबदेही से कार्य करने वाला मीडिया है सम्मेलन में सत्र की अध्यक्षता कर रहे विम्बलडन के लार्ड अहमद ने डॉ सूर्य प्रकाश की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनका गहरा आदर है आम आदमी पार्टी आप हरियाणा में अकेले अपने तौर पर चुनाव लड़ेगी

यह निर्णय आज रोहतक में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया इस बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य व प्रदेश सह प्रभारी सुशील गुप्ता ने की इस बैठक में पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्षों ने भाग लिया

हरियाणा खादी ग्रामोद्योग की अध्यक्षा गार्गी कक्कड़ ने कहा हैकि खादी ग्रामोद्योग का बीएण्डआर व हैफेड से तालमेल हो गया है उन्होंनें कहा कि बुनकरों का बनाया हुआ सामान बेहतरीन क्वालिटी का होने के कारण खादी की मांग बढ रही है और आजकल खादी के उत्पाद बाजार में अपनी पहचान सिद्ध कर रहे हैं श्रीमती कक्कड ने बताया कि खादी उत्पाद करने वाले लोक ऋण लेकर काम करते हैं और सब्सिडी से ही उनका मुनाफा होता है इसलिए व उत्पाद की गुणवत्ता से बिल्कुल समझौता नहीं करते

अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि अम्बाला चण्डीगढ मार्ग पर काकरू के पास दो कारों की भिडंत हो गई जिसमें एक कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान कैथल निवासी विनीत और उसके पूत्र धैर्य के रूप में हई है जबकि दूसरा कार सवार मौके से फरार हो गया उधर यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जगाधरी में सहारनपुर मार्ग में दो मोटरसाईकिल की भिड़त में एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी पहचान फतेहपुर के धर्मबीर के रूप में हई है